बीजापुर जिले में माओवादियों ने दो युवकों की हत्या कर दी है

मुख्य सचिव अभिताम जैन ने कोरोना के टीकाकरण के लिए सभी जरूरी मार्गदर्शन और दिशा निर्देश भैदानी स्थल पर तैनात टीकाकरण कर्मियो तक पहुंचाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं आज नवा रायपुर में कोरोना टीकाकरण के सफल क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय स्टेरिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में श्री जैन ने कहा कि कोरोना के टीकाकरण के लिए प्राथमिकता के आधार पर समुहों का निर्धारण किया जाए और सर्वे के माध्यम से जानकारी संकलित की जाए बैठक में कोरोना टीकाकरण के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रकिया और कार्ययोजना के संबंध में भी चर्चा की गई मुख्य सचिव ने टीकाकरण की दवाइयों को सुरक्षित रखने के लिए मैदानी स्थल पर कोल्ड चैन पॉइन्ट का चिन्हांकन करने और उनकी सूची उर्जा विभाग को र्दने के निर्देश दिए श्री जैन ने टीकाकरण के बाद होने वाले प्रतिकूल प्रभाव के प्रबंधन के लिए राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम बनाने को भी कहा राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम में विशेषज्ञ चिकित्सको को तैनात किया जाएगा जो नियमित रूप से जिलों के संपर्क में रहेंगे

इस बीच जांजगीर चांपा जिले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रवि परसराम भारद्वाज ने पृलिस प्रशासन को एक हजार मास्क भेंट किए हैं उनका कहना है कि पुलिसकर्मी लोगों के बीच काम करते हैं ऐसे में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क जरूरी है मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री पत्र छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खरीदे जा रहे धान की कस्टम मिलिंग समय पर कराने का अनुरोध किया है उन्होंने पत्र में केन्द्रीय पूल के तहत छब्बीस लाख मीटरिक टन उसना चावल और चौदह लाख मीटरिक टन अरवा चावल उपार्जन की अनुमंति देने की भी मांग की है श्री बघेल ने कहा है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा पूर्व खरीफ वर्षो में उसना के साथ साथ अरवा चावल खरीदा जाता रहा है उल्लेखनीय है कि प्रदेश में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले धान की कस्टम मिलिंग के बाद साठ लाख मीटरिक टन चावल लेने की कार्ययोजना का अनुमोदन केन्द्र सरकार द्वारा किया गया है कृषि कानून केन्द्र सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाने और किसानों की आय दोगुना करने के लिए कई कदम उठाए हैं सरकार ने इस दिशा में कृषि से संबंधित तीन नए कानून लागू किए हैं

इस ऐतिहासिक कानून की वजह से कृषि मंडियों में फलने फूलने वाले ऐसे बिचौलियों पर सरकार ने गहरा आघात पहुंचाया है कृषि और किसान की आय से सीघे सीघे संबंध रखने वाले संसद द्वारा पारित तीन पथ प्रदर्शक कानूनों की वजह से देश में किसान पहली बार अपनी उपज को बेहतर कीमत पर बेचने की स्वतंत्रता पा चुका है किसान अब अपने कृषि उत्पाद के संबंध में खेती के पहले भी करार करने के लिए मुक्त है वहीं दूसरी ओर फसल कटने के बाद अब वह अनाज सीधे सीधे फैक्ट्री गोदाम या कोल स्टोरेज में भी बेच सकता है किसान रेल केन्द्र सरकार द्वारा किसानों की फसलों को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने के लिए किसान रेल चलाई जा रही है इसी कड़ी में किसान रेल आज राजनांदगांव पहुंची इस ट्रेन के जरिये दो किसानों मनजीत सिंह सलूजा और दादूराम सोनकर ने अपनी बाड़ी में लगाए अमरूद और लौकी को वाजिब मूल्य दिलाने के उद्देश्य से दूसरे राज्य रवाना किया इस अवसर पर कृषि मंडी सभिति के पूर्व उपाध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत ने कहा कि केन्द्र सरकार की इस पहल से किसानों की आमदनी बढ़ रही है और उन्हें फसलों का सही मूल्य मिल रहा है उत्कृष्ट थाना सम्मान छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के झिलमिली थाने को उत्कृष्ट थाना सम्मान के तहत देश में चौथा स्थान मिला है यह सम्मान केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देशभर के थानों में कराए गए सर्वे के आधार पर दिया जाता है मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने झिलमिली थाने को देश में चौथा स्थान मिलने पर र थाने के अधिकारियों कर्मचारियों सहित पुलिस विभाग को बधाई और श्रभकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री ने कहा है कि झिलमिली थाने को उत्कृष्टता के मामले में देश में चौथा स्थान मिलना हम सब के लिए गर्व का विषय है गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उत्कृष्ट थाना को लेकर पूरे देशभर में सर्वे कराया गया था और इनमें से दस शीर्ष पुलिस थानों की रैंकिंग की गई है इसके लिए पहले थानों में डाटा विश्लेषण सीधी परख और मिले फीडबैक के आधार पर रैंकिंग प्रक्रिया के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रदर्शन करने वाले थानों की संक्षिप्त सूची तैयार की गई जिसमें थाना की रैंकिंग साफ सफाई रंग रोगन कैम्प सुरक्षा प्रबंध पब्लिक बिहेवियर क्विक रिस्पांस रिकार्ड संधारण सीसीटीएनएस और अपराधों के समाधान के आधार पर बनाई गई रक्षा मंत्री अपील केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में स्वैच्छिक योगदान की अपील की है नई दिल्ली में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के लिए कोष एकत्र करने से जुड़े कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि हमारे सुरक्षा बल देश की संप्रभृता की रक्षा के लिए वीरतापूर्वक लडते हैं श्री सिंह ने कहा कि हमारे पूर्व सैनिकों के पुनर्वोस और कल्याण शहीद सैनिकों के परिजनों और हमारे निःशक्त सैनिकों की जिम्मेदारी समी नागरिकों की है

इस वर्ष की थीम है कोविड संक्रमण के बाद दिव्यांगजनों के लिए समावेशी सुलभ और टिकाऊ दुनिया का निर्माण इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि हमें दिव्यांगजनों के प्रति सहानमति और आदर रखना चाहिए वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दिव्यांगजनों का सहज भाव और धैर्य हमें प्रेरणा देता है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत की गई पहल से हमारे दिव्यांग भाई बहनों में सकारात्मक बदलाव आया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और समाज कल्याण मंत्री अनिला भेंडिया ने भी दिव्यांगजनों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं श्री बघेल ने कहा है कि दिव्यांग मुख्यधारा का हिस्सा है यह दिवस तभी सार्थक हो सकता है जब सभी दिव्यांग अन्य नागरिकों के समान आर्थिक और सामाजिक स्थिति पा सके वहीं श्रीमती भेंडिया ने कहा है कि निःशक्तजनों को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने राज्य सरकार संकल्पित है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं रायपुर के माना स्थित दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र में आज राज्य स्तरीय पुरस्कार और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया इस अवसर पर समाज कल्याण मंत्री अनिला भेंडिया और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने उत्कृष्ट कार्य के लिए सात विभिन्न श्रेणियों में दिव्यांगजन राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए इस मौके पर दिव्यांगजनों को अत्याध्रनिक कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने वाले केन्द्र के नये भवन का लोकार्पण भी किया गया इस अवसर पर सौ से अधिक दिव्यांगजनों को ट्रायसाइकिल व्हीलचेयर और कृत्रिम अंगों का वितरण भी किया गया

मिली जानकारी के अनुसार माओवादियों ने दोनों युवकों को बीती रात उनके घरों से अगवा कर लिया था इसके बाद रात में ही उनकी हत्या गोंगला के जंगलों में कर दी आज सुबह उनका शव कमकानार गांव के पास मिला ये दोनों युवक हपकापारा और गायतापारा के रहने वाले थे ललित सुरजन निधन वरिष्ठ पत्रकार और देशबंधू के प्रधान संपादक ललित सुरजन का आज शाम रायपुर के मरवाड़ी श्मशान घाट में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बधेल सहित मंत्रिमंडल के अनेक सदस्य विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और पत्रकार उपस्थित थे श्री सुरजन का कल नई दिल्ली में निधन हो गया था वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे राज्यपाल अनुसूईया उइके और मुख्यमंत्री भूषेश बधेल ने पत्रकार श्री सूरजन के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है राज्यपाल ने अपने शोक संदेश में कहा है कि श्री सुरजन का देश प्रदेश की पत्रकारिता और साहित्य जगत में महत्वपूर्ण योगदान था श्री सुरजन ने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज के निचले तबकों और शोषितों की आवाज उठाई उनके निघन से देश की पत्रकारिता और साहित्य जगत को अप्रणीय क्षति पहंची है उन्होंने प्रदेश में पत्रकारिता की अलख जगाई वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने अपना एक सपूत खो दिया है उनके नेतृत्व में उनके अखबार ने अनेक काबिल पत्रकार तैयार किए नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने श्री सुरजन के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र भें उनका अनुकरणीय योगदान रहा है उन्होंने देश प्रदेश में पत्रकारों की पीढ़ियां तैयार की हैं दूर्घटना प्रदेश में बीते चौबीस घंटों के दौरान हुए अलग अलग सड़क हादसों में एक बालक सहित छह लोगों की मौत हो गई वहीं चार अन्य लोग घायल हो गए रायगढ़ जिले के पुसौर धान खरीदी केन्द्र के सामने बीती रात ट्रक ने चारपहिया एक वाहन को ठोकर मार दी इस हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं ये सभी लोग ओडिशा के बरगड से शादी समारोह में शामिल होने रायगढ आए हए थे उधर कोंडागांव जिले के मसोरा गांव में भी बीती रात चारपहिया वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई वहीं दो अन्य लोग घायल हो गए हैं जिन्हें कोंडागांव के अस्पताल में भर्ती कराया गया है इधर दूर्ग जिले के नेहरू चौक में ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मृत्यु हो गई वहीं राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी के जोरातराई में खेती कार्य में लगे ट्रैक्टर से दबकर एक बालक की मौत हो गई घटना के बाद ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर दिया प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद ग्रामीण शांत हुए

इस दौरान वे रणजीता स्टेडियम में आयोजिंत कार्यक्रम में सात सौ बयानवे करोड़ रूपए से अधिक की लागत के एक सौ छियानवे विभिन्न विकास कार्यो का श्रभारंभ करेंगे इनमें चौरानवे कार्यो का भूमिपूजन और एक सौ दो कार्यो का लोकार्पण शामिल हैं वहीं श्री बघेल पांच दिंसबर को बिलासपुर जिले में आयोजित राउत नाचा महोत्सव सहित विभिन्न कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे इससे पहले मुख्यमंत्री ने दुर्ग जिले में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के प्रदेश कार्यालय का शुभारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए अनेक कारगर कदम उठा रही हैं नेता प्रतिपक्ष बयान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने बस्तर जिले में जनजाति कल्याण की योजनाओं में भ्रष्टाचार के मामलों के सामने आने पर कहा है कि किसानों को वितरित किए जाने वाले सब्जी बीजों के किट वितरण में अनियमितता और भ्रष्टाचार का मामला वर्तमान राज्य सरकार की कार्यप्रणाली की एक शर्मनाक मिसाल है संक्षिप्त समाचार पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव आज दंतेवाड़ा जिले में पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम पर आयोजित परिचर्चा में शामिल हुए रायपुर जिले में यातायात पूॅलिस पांच दिसंबर से विभिन्न चौक चौराहों में जांच अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी दुर्ग जिले में राजस्व पटवारी संघ के बैनर तले आज कर्मचारियों ने काली पट्टी लगाकर काम किया उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हई तो वे चौदह दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे सरगुजा और सूरजपुर जिले में रोजगार दिलाने महिला समूहों के नाम पर अलग अलग बैंकों से फाइनेंस कराकर करीब साढ़े चार करोड़ रूपये की ठगी करने वाले गिरोह के तीसरे आरोपी को पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तार किया है कोंडागांव जिले में बारदाना जमा नहीं कराने के मामले में छह पीडीएस दुकानों को निलंबित कर दिया गया है रायगढ़ के चक्रघर नगर स्थित मेडिकल कॉलेज कैम्पस में एक चिकित्सक का शव कमरे के अंदर मिला है पुलिस मामले की जांच कर रही है जांजगीर चांपा जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत होने वाली कम्प्यूटर कौशल परीक्षा स्थगित कर दी गई है परीक्षा की नई तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी

बिलासपुर जिले में राज्य शौर्य पुरस्कार के लिए चौदह दिसंबर तक नामांकन आमंत्रित किए गए हैं धमतरी जिले में उद्यानिकी फसलों के लिए किसान पंद्रह दिसंबर तक बीमा करा सकते हैं राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में मानव तस्करी के मामले में एक और आरोपी को पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है अब तक इस मामले में छह आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है कोंडागांव जिले में पुलिस ने दृष्कर्म के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है कोरिया जिले में पुलिस ने एक व्यक्ति के पास से तीन किलो गांजा जब्त किया है